सत्र का शुभारंभ राज्यपाल अनुसुईया उइके के अभिभाषण से हुआ अपने अभिभाषण में सुश्री उइके ने कहा कि पिछला साल अनेक चुनौतियों से भरा रहा था कोरोना काल में भी राज्य सरकार ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियां हासिल की हैं

कोरोना संकट के दौरान स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए भी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों पर बल दिया राज्यपाल ने कहा कि पढ़ई तुंहर दुआर मोहल्ला कक्षा और लाउड स्पीकर स्कूल जैसे तरीकों से पच्चीस लाख से अधिक बच्चों को लाभ पहुंचा है राज्यपाल ने बताया कि विमानन सेवाओं के माध्यम से कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है सुश्री उइके ने उम्मीद जताई कि बस्तर के बाद बिलासपुर में भी अंतर्राज्यीय विमानन सेवा शुरू होने से प्रदेश को बहुत लाभ होगा राज्यपाल ने सदन के सदस्यों से राज्य सरकार की विकासपरक जनहितकारी नीतियों योजनाओं और अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की राज्यपाल के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा सदन में पच्चीस और छब्बीस फरवरी को होगी

राज्य विधानसभा का यह बजट सत्र छब्बीस मार्च तक चलेगा इस दौरान कुल चौबीस बैठकें होंगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिनके पास वित्त विभाग का भी प्रभार है वे आगामी एक मार्च को विधानसभा में बजट प्रस्तुत करेंगे मुख्यमंत्री मोबाइल ऐप राज्य में बड़ी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाने और इनकी निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा परिसर स्थित अपने कार्यालय कक्ष से इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया इसके जरिये उद्योगपति अपनी इकाई की स्थापना के लिए अनेक चरणों में विभिन्न विभागों और संस्थाओं से अनुमति और पंजीयन सहित अन्य लंबित आवेदनों की जानकारी सीधे उद्योग विभाग के साथ साझा कर सकेंगे आधिकारिक जानकारी के अनुसार राज्य में कुल एक सौ चार औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के लिए एमओयू किए गए हैं जिसमें करीब बयालीस हजार पांच सौ करोड़ रूपये का पूंजी निवेश किया जाना प्रस्तावित है इसके माध्यम से लगभग साढ़े छह लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा

इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा चौबीस फरवरी को नई दिल्ली में बिलासपुर जिले को पुरस्कृत किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने इसे गौरवपूर्ण उपलब्धि बताते हुए किसानों को शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होना इस बात का प्रतीक है कि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण के क्षेत्र में देश का रोल मॉडल बनने की ओर अग्रसर है गौरतलब है कि केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के दो वर्ष प्ररे होने पर इसके क्रियान्वयन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों और जिलों को पुरस्कृत करने के लिए चयनित किया गया है बिलासपुर जिला किसानों के आधार प्रमाणीकरण और सम्मान निधि का लाभ सुनिश्चित करने के मामले में देश में पहले स्थान पर रहा है कोरोना समाचार छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा तीन लाख दस हजार को पार कर चुका है इनमें से करीब तीन लाख चार हजार मरीज स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में प्रदेश में तीन हजार एक सौ बारह कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है कल प्रदेश में एक सौ तिरपन नये मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के जवाहरलाल नेहरू स्वास्थ्य और अनुसंधान केन्द्र में कोरोना टीकाकरण अभियान के पहले चरण में अब तक दो हजार दो सौ बयानवे व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके हैं

इस बीच रायपुर और दुर्ग जिले की ग्रामीण जनता को कोरोना महामारी की रोकथाम और टीकाकरण अभियान के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से ई रिक्शा जागरूकता रथ चलाया जा रहा है इस कोरोना जागरूकता रथ को पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के निदेशक कृपाशंकर यादव और प्रादेशिक लोकसंपर्क कार्यालय रायपुर के कार्यालय प्रमुख शैलेष फाये ने हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया भाजपा स्कूल परिचालन भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर कोरोना संक्रमण के खतरों के बावजूद दबाव डालकर स्कूल खोलने का आरोप लगाया है पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य सरकार जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से स्कूल चलाने के लिए शिक्षकों को मजबूर कर रही है उन्होंने आरोप लगाया कि बिना लिखित आदेश के स्कूल खोले जा रहे हैं ऐसे में अगर कोरोना संक्रमण फैलता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा श्री श्रीवास्तव ने कहा कि जल्दबाजी में स्कूल खोलने की वजह से पिछले दिनों दो स्कूलों में बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं उन्होंने यह भी कहा कि सरकार अगर अमानवीय रूप अपनाते हुए स्कूलों को खोलने के लिए दबाव बनाती है और अगर कोई भी विद्यार्थी या शिक्षक संक्रमित हुए तो भाजपा इस गंभीर विषय पर चुप नहीं रहेगी

नई दिल्ली में आज आयोजित एक समारोह में मुख्य राष्ट्रीय आयुक्त डॉक्टर केके खंडेलवाल ने राज्य सचिव कैलाश सोनी को यह पुरस्कार प्रदान किया गौरतलब है कि कोरोना संकट काल के दौरान स्काउट्स और गाइड्स ने प्रदेश में जरूरतमंदों की सहायता करने के साथ ही जन जागरण अभियान भी चलाया था माओवादी वारदात कांकेर जिले के आमाबेड़ा थाना क्षेत्र से बीएसएफ के जवानों ने तीन जिंदा बम और रेडियो सेट बरामद करने में सफलता हासिल की है माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के उद्देश्य से इस क्षेत्र में विस्फोटक लगा रखा था लेकिन जवानों की सक्रियता से विस्फोटक को बरामद कर सफलतापूर्वक निष्किय कर दिया गया इस बीच सीमावर्ती राज्य महाराष्ट्र के सालेकसा थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है इस दौरान दोनों ओर से फायरिंग हुई लेकिन इस गोलीबारी में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है कांकेर बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने कांकेर जिले के अंदरूनी इलाकों में स्थित कई गांवों में ग्रामीणों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित करने के साथ ही मुफ्त इलाज की सुविधा भी दी है सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत बीएसएफ के कांकेर स्थित एक सौ संतावनवीं वाहिनी के जवानों ने कांकेर के परतापुर और मुसरघाट गांव के पांच सौ से अधिक ग्रामीणों की मदद की इस मौके पर चिकित्सा शिविर भी लगाया गया खेल मड़ई दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़ी खेल मड़ई के समापन कार्यक्रम में विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया इस खेल मड़ई का आयोजन खेल और युवा कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ द्वारा किया गया था समापन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ ओलपिंक महासंघ के सचिव गुरूचरण सिंह होरा और उपाध्यक्ष जीएस बांबरा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया इस खेल मड़ई के दौरान राज्य के पांरपरिक खेल संखलि तुवे लंगरची गेड़ी भौंरा गिल्ली डण्डा और पिट्दूल की स्पर्धाएं हुईं पक्षी महोत्सव बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय में आयोजित पक्षी महोत्सव का कल समापन हुआ हमर चिरई हमर चिन्हारी कार्यक्रम के तहत इस पक्षी महोत्सव का आयोजन वन विभाग द्वारा किया गया वन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में आयोजित इस महोत्सव में पर्यावरण संरक्षण के संदेशों पर आधारित फोटोग्राफी चित्रकला और रंगोली स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया इस दौरान विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया समापन कार्यक्रम में विधायक रश्मि सिंह ने कहा कि इस महोत्सव के माध्यम से लोगों को पक्षियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रेरित किया गया महोत्सव स्थल पर पक्षियों को देखने के लिए विशेष रूप से मचान बनाए गए थे वहीं इस महोत्सव के जरिये प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम का संदेश भी दिया गया इतना ही नहीं महोत्सव के समापन के बाद कोपरा जलाशय के आसपास के स्थानों की सफाई भी की गई ताकि यह क्षेत्र स्वच्छ रहे

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बताया कि इस बैठक में अगले एक सप्ताह के लिए विभिन्न विषयों पर आधारित एक कार्ययोजना तैयार की गई है

इसके लिए विद्यार्थियों से पांच सौ रूपये विलंब शुल्क लिया जाएगा

इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली और पेट्रोल डीजल तथा गैस की बढ़ती कीमतों में कमी लाने की मांग की